सुत्रों के अनुसार निवेश और विकास के बारे में पांच सदस्यों वाली इस मंत्रिमंडलीय समिति में गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा रेलवे मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं रोजगार और कौशल विकास के बारे में मंत्रियों की दस सदस्यों वाली एक और समिति भी गठित की गई है मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति आज वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी करेगी बैंक दरों में एक चौथाई प्रतिशत की कटौती की उम्मीदों के बीच समिति की तीन दिन की बैठक मंगलवार को मुम्बई में शुरू हुई थी वर्तमान में प्रमुख बैंक दर यानी रेपो रेट छह प्रतिशत है पिछले दो नीतियों में रेपो दर में चौथाई चौथाई प्रतिशत की कटौती की गई थी आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि बैंक की ब्याज दरों में और कटौती करने की पूरी संमावना है क्योंकि लगातार पिछले नौ महीनों से मुद्रास्फीति की दर रिजर्व बैंक के मध्यावधि लक्ष्य चार प्रतिशत के नीचे बनी हुई है योग दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि योग से बहुत लाभ हैं

ग्रीष्मोत्सव राजधानी शिमला में इन दिनों अंतरराष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है ग्रीष्मोत्सव के आखिरी दिन आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समाराह की अध्यक्षता करेंगे अंतिम संध्या पर आज विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों सहित हिमाचली कलाकार व पार्षव गायक फरहान साबरी और मधुश्री भट्टाचार्य अपनी प्रस्तुतियां देंगे इसके अलावा हैरिटेज वॉक यूथ रॉक बैंड प्रतियोगिता और कठपुतली प्रदर्शन भी आकर्षण का केन्द्र रहेंगे मौसम प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है हालांकि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं और कुछ क्षेत्रों हल्की वर्षा होने का भी समाचार है राजधानी शिमला में भी आज सुबह वर्षा होने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहावना बना हुआ है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में अभी नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार पंजाब केसरी का शीर्षक है नॉन रिसाइक्लेबल पॉलीथीन वापस खरीदेगी प्रदेश सरकार दैनिक भास्कर के शब्द हैं रिसाइकल न होने वाले प्लास्टिक को अब जनता से खरीदेगी सरकार दिव्य हिमाचल का कहना है इस्तेमाल हो चुका प्लास्टिक खरीदेगी सरकार दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार अनुराग के बाद अब नड्डा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी मंडी के सेरी मंच पर आभार रैली में बोले सीएम दैनिक जागरण की एक खबर है सीएम के मंच पर अनिल को जगह नहीं बहचर्चित छात्रवृति घोटाले पर अमर उजाला की सुर्खी है फीस जमा न होने से अटकीं हजारों विद्यार्थियों की डिग्रियां बाहरी राज्यों के शैक्षिक संस्थानों को राशि जारी करने के लिए सीबीआई से मांगी मंजूरी

आपका फैसला राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हवाले से लिखता है प्राकृतिक कृषि राज्य बनकर उभरेगा हिमाचल दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है रियायतों के बावजूद निवेश बढ़ाने में लैंड बैंक की चुनौती

मौसम से जुड़ी खबर पर दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल पर तूफान का कहर तेज़ हवाओं के साथ ओलावृष्टि ने फसलों को पहुंचाया नुकसान

जबकि अमर उजाला का कहना है दो दिन बाद बहाल हो जाएगा मनाली लेह मार्ग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

नमस्कार